उन्होंने कहा कि देशभर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे है

भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक हैं जिसने इतने कम समय में इतने अधिक लोगों का टीकाकरण किया है

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन से अपील की है कि कोविड प्रोटोकोल का पहले के तरह पालन करें अन्यथा सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी

उदयपुर जिले का प्रसिद्ध एकलिंगनाथ महादेव मंदिर दर्शनार्थियों के लिए महाशिवरात्रि पर बंद रहेगा

जयपुर में कल से सेना भर्ती रैली आयोजित की जायेगी

रैली के दौरान अभ्यार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे कोरोना महामारी के लिए निर्धारित सावधानियों का पालन करें